उनका पार्थिव शरीर आज पणजी में भाजपा के राज्य मुख्यालय में रखा गया था केन्द्रीय मंत्रियो नितिन गडकरी श्रीपद नाइक सांसद नरेन्द्र स्वाइकर और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी श्री पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी की कला अकादमी में ले जाया गया जहां लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्वांजलि दे रहे हैं श्री पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज शाम मिरामार बीच के पास किया जायेगा लोग बड़ी संख्या में अपने प्रिय नेता की झलक पाने के लिए एकत्र हो रहे हैं

पर्रिकर श्रद्धांजलि प्रदेश गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन का समाचार मिलते ही प्रदेश में भी शोक की लहर छा गई मुख्यमंत्रो कमलनाथ ने श्री पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने श्री पर्रिकर के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें असाधारण नेता बताया प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज के अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिये है च्नाव अधिसूचना लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी

अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

पहले चरण में जिन अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मतदान कराया जाएगा उनमें अरुणाचल प्रदेश की दो असम की पांच बिहार की चार जम्मू कश्मीर की दो महाराष्ट्र की सात ओड़ीसा की चार उत्तरप्रदेश की आठ उत्तराखंड की पांच पश्चिम बंगाल की दो सीटों सहित छत्तीसगढ़ मणिपुर मिजोरम सिक्किम नगालैंड त्रिपुरा अंडमान निकोबार और लक्ष्यदीप की एक एक सीट शामिल है इसी के साथ आज ही चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी कार्यक्रम सूचना प्रादेशिक समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आज शाम आठ बजकर पन्द्रह मिनिट पर सुनिये होली त्यौहार पर आधारित कई रोचक जानकारियां इससे पहले आठ बजे से प्रादेशिक समाचार दर्शन के जरिए जानिये प्रदेशभर के जिलों की तमाम गतिविधियां मतदाता संवाद संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल आज शाम फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेश के मतदाताओं से संवाद करेंगे इस दौरान श्री अग्रवाल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे वे निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों के जवाब भी देंगे

विवाद मौत भिण्ड जिले में मकान के बाहर एक नाली को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बीच गोली चलने से दो लोगों की मौत हो गई

पुलिस सुत्रों के अनुसार अटेर थाना क्षेत्र के बडापुरा गांव में दो परिवारों के बीच नाली को लेकर पिछर्ले डेढ साल से विवाद चल रहा था इस बीच दोनों पक्षों के बीच पथराव हआ और फिर लाठी डंडों के साथ फायरिंग शुरू हो गई जिसमें कल्लू भदौरिया और सोनू भदौरिया की गोली लगने से मौत हो गई फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है

इस अवसर पर अमन मलक एकल हारमोनियम वादन भी प्रस्तुत करेंगें

नरसिंहपुर जिले में ट्रेक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल की भिडंत में दो युवकों की मौत हो गई